प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट के जरिये देशवासियों से जल संरक्षण की अपील की और नये उपाय तथा प्रयोग साझा करने को कहा राज्यविधानसभा के चालू बजट सत्र की कार्यवाही आज फिर से हई शुरू आईसीसी विश्वकप किकेट का पहला सेमीफाइनल कल भारत और न्यूजीलैण्ड की टीमें होंगी आमने सामने

उन्होंने आज कहा कि बुधवार के दिन अब नये मामले सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे इसे लेकर चीफ जस्टिस ने अन्य जजों से बुधवार के दिन नये मामले की सुनवाई करने से इनकार करने का आग्रह किया है

बेटी वृक्ष और शिक्षक शीर्षक से लिखे ब्लॉग में उन्होंने जल संरक्षण की सदियों पुरानी प्रक्रिया की चर्चा की है प्रधानमंत्री ने वक्षारोपण के बारे में उनका ट्वीट पसंद करने के लिए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है उन्होंने इस पहल के प्रति लोगों की उत्सुकता का भी स्वागत किया है प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और बागवानी से जुड़ी उस परंपरागत तकनीक का जिक्र किया है जिसमें पानी से भरे गमले में पौधा लगाया जाता है इससे पौधे के लिए प्राकृतिक रूप से ड्रिप सिंचाई को बढावा मिलेगा प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से घर में बर्तन धोने के बाद बचे पानी से पौधों की सिंचाई करने का आग्रह किया है उन्होंने ब्लॉग के अंत में लोगों से पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए इस तरह के अनूठे उपाय और प्रयोग साझा करने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बारे में अपना कुछ न कुछ योगदान करने का यही उचित अवसर है

राज्यपाल कल्याण सिंह कल दोपहर में जोबनेर के लिए रवाना होंगे राज्यपाल कल शाम जोबनेर में विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गये गांव इडन का बास के ग्रामीणों से संवाद भी करेंगे

मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अशोक गहलोत आगामी दस जुलाई को प्रदेश का बजट पेश कर सकते है

इस कार्यक्रम के तहत शहर में हर दिन किसी ना किसी जगह को आदर्श ट्रेफिक जोन घोषित किया जाएगा

भामाशाह की मदद से जेल में आरओ सिस्टम लगवाया गया है एसर्पी गौरव यादव ने बताया कि जल्द ही जिला जेल में एक अच्छी और आधुनिक लाइब्रेरी भी स्थापित करवाई जाएगी ताकि बंदी उसमें अच्छी किताबें पढ़कर अपना समय व्यतीत करने के साथ सकारात्मकता की ओर बढ़ सके

थानाधिकारी ने बताया कि हरियाणा के नोगाबा की तरफ से एक वाहन में तस्करी करके गौवंश ले जाए जाने की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर सड़क पर काटों का जाल बिछाया जिससे गौतस्करों के वाहन का टायर फट गया पुलिस ने घेराबंदी की तो गौतस्करों ने पुलिस दल पर कई गोलियां चलाई और वाहन छोड़कर भाग निकले

उन्होने कहा कि खिलाडियों को प्रोत्साहित करने और उनके प्रदर्शन में सुधार के लिये उन्हें हर तरह की मदद दी जायेगी ओलम्पिक और एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त करते हुए केन्द्रीय खेल मंत्री ने कहा कि देश ने अपनी क्षमता के मुताबिक पदक हासिल नहीं किये

श्री रिजिजू ने कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है ताकि खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें उन्होंने कहा कि जूनियर और सीनियर खिलाडियों को उनकी खुराक और पसंद के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाने पीने की चीजें दी जायेंगी

कल पहले सेमीफाइनल में मेनचेस्टर में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा भारत ने श्रीलंका को सात विकेट से हराकर अंक तालिका में पहला स्थान हासिल किया ऑस्ट्रेलिया दूसरे इंग्लैंड तीसरे और न्यूजीलैंड अंक तालिका में चौथे स्थान पर है

मानसून के आने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है और जल स्रोतों में पानी की आवक शुरू हो गई हैं झालावाड जिले में आज भी रूक रूककर बरसात का दौर जारी है कहीं तेज और कहीं हल्की से मध्यम बरसात हो रही है जिले की कालीसिंध नदी के बांध में जलस्तर की बढोतरी को देखते हुए बांध के दो गेट खोलकर दो हजार क्यूसेक पानी निकाला जा रहा हैं इससे पहले कल चूरू कोटा और अजमेर में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा रिकॉर्ड की गई मध्यप्रदेश में हो रही वर्षा का असर बांसवाडा जिले में भी देखने को मिल रहा है जिससे माही बांध का जलस्तर बढ गया है मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी से भारी वर्षा की संभावना जताई है इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में एक दो स्थानों पर तेज हवायें चलने के आसार हैं वहीं झुंझनूं में कल सुबह हुई बूंदाबांदी के बाद दिनभर शहर के लोग बारिश के लिए तरस गए